नोवल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच पंजीकृत पड़ोसी और इक्का द्रक्का द्रकानों को खोलने की अन्मति दे दी गई है नगर निगमों और नगर पालिकाओं के अंतर्गत बाजारों में द्कानें खोलने की अन्मति नहीं होगी नगर पालिका क्षेत्रों के बाजारों में द्कान मल्टीब्रेंड और सिंगल ब्रेंड मॉल हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में द्कानें नहीं ख्लेगी गृह मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि शॉपिंग मॉल को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में सभी द्कानें ख्ली रहेंगी शहरी क्षेत्रों में सभी इक्का द्क्का द्कानें और पड़ोस की द्कानें तथा आवासीय परिसरों में द्कानें खोलने की अन्मति दी गई है बाजारों बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में द्कानें खोलने की अनुमति नहीं होगी गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक वस्त्ओं की बिक्री करती रहेगी

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी भी द्कान को खोलने की अन्मति नहीं होगी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नगर पालिका और नगर निगमों से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों लकड़ी मिल स्टोन क्रसर्स ईट निर्माण इकाईयों को श्रु करने की अन्मति दे दी है राज्य सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अन्सार कार्यालयों वर्कशॉप और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कृषि और बागवानी गतिविधियों को अन्मति दी है शैक्षणिक प्स्तकों इलेक्ट्रिक फैन प्रीपेड रिचार्ज सेवाओं और निर्माण गतिविधियों को भी अन्मति प्रदान की गई है

उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया जहाँ फ्रंटलाइन कर्मी ईटानगर के निकट चैक गेट में आवश्यक वस्त्ओं को ले जा रही वाहनों पर कीटाण्नाशक का छिड़काव कर रही थी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

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा हिंदी प्रसारण के त्रंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा रात को आठ बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसे दोबारा सुना जा सकता है